इसके बाद दो सितम्बर को यान का लेंडर और रोवर ऑरबिटर से अलग हो जाएगें

इसमें एक हजार एक सौ पचपन सेकण्ड का समय लगा शहरी आवास केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लगभग तीन लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है इस पर पंद्रह हजार एक सौ करोड़ से अधिक खर्च होंगे यह स्वीकृति आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में आयोजित केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में दी गई

पोषण माह सितम्बर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जायेगा

इसका मुख्य उद्देश्य पांच वर्ष तक के बच्चों किशोर बालिकाओं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है इसके अलावा एनिभिया की कमी को दूर करने के लिये आयरन की गोली और खाद्य विविधता संबंधित उपाय भी किये जाएंगे अभियान में जिला विकासखंड और आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण जागरूकता और इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे पोषण माह में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जायेगी तथा वेबसाइट के माध्यम से इसकी रोजाना समीक्षा भी होगी

इन सड़कों को डामर सड़कों में बदलने की कार्यवाही की जा रही है इससे दो सौ बीस गांवों के निवासी लाभांवित होंगे मिलावटखोरी मुख्य सचिव एस आर मोहंती ने कहा है कि खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी मानव जीवन और स्वास्थ्य के प्रति जघन्य अपराध से कम नहीं है कल जबलपुर में संभाग के कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में संभागीय समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रदेश को मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्व नियमित रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये

यह दिसंबर माह तक चलेगा गुना जिले में कलेक्टर ने नागरिकों से गणना के लिए सही जानकारी प्रदाय करने का आग्रह किया है उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नीति निर्माण में सहयोग करेगी इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे कलेक्टर ने बताया कि नागरिकों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जायेगा उन्होंने आर्थिक गणना के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारियों को सहयोग करने की अपील नागरिकों से की है आगरमालवा जिले में आर्थिक गणना का सर्वेक्षण कार्य दो सितंबर से शुरू होगा समिति बैठक प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को रियायती व्याज पर दो पहिया वाहन के लिये ऋण उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने समिति गठित की है यह समिति सब्सिडी की दर निर्धारण और निःशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया का परीक्षण कर अपनी अनुसंशा देगी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में की जाएगी मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर अमी जारी है

साथ ही गुना अशोकनगर दमोह छतरपुर रायसेन राजगढ़ सीहोर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है कुछ समाचार संक्षेप में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने औद्योगिक बिजली के बिलों की बकाया राशि वसूलने के लिये आज निर्धारित समय के बाद भी कैश काउंटर खोलने का निर्णय लिया है सागर जिला चिकित्सालय परिसर में महिला प्रसूति विभाग की उच्च निर्भरता इकाई का शुभारंभ आज राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह कर रहे हैं